प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया कहा सरकार लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्द केन्द्र मी टू इंडिया अभियान से सामने आए सभी मामलों की जांच के लिए न्यायिक क्षेत्र के वरिष्ठ व्यक्तियों की एक सभिति करेगा गठित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और मुजफ्फ्फ्रनगर में बारिश और तूफान से प्रभावित किसानों को राहत देने का दिया निर्देश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सूचना का अधिकार नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास के सामाजिक अनुबन्ध को और मजबूत करता है नई दिल्ली में कल केन्द्रीय सूचना आयोग के तेरहवर्वे वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक सुवनाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है लोगों को यह जानने का अधिकार है कि कैसे शासन चल रहा है सरकारी सेवाएं किस तरह नागरिकों तक पहुंच रही हैं और कल्याणकारी कार्यक्रम किस तरह संचालित किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि नागरिकों को इस बात की जानकारी लेने का भी हक हासिल है कि सार्वजनिक धन किस तरह खर्व हो रहा है और राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जा रहा है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 प्रधानमंत्री ने कहा है कि सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के सरकार के प्रयासों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की पच्चीसवीं वर्षगांठ के सिलसिले में नई दिल्ली में आयोजित समारोह को सम्बोधित कर्ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को उनके अधिकार देकर उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है मानवाधिकार की रक्षा हमारे संस्कृति का अहम हिस्सा है हमारी परंपराओं में हमेशा व्यकति के जीवन क्षमता समानता उसकी गरिया के प्रति सम्मान इसमें स्वीकृति मिली हुई है

हमारी व्यवस्था उन संस्थायों की आमारी है जो हर देशवासी के अधिकार को संवरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान सौमाग्य योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य सबको गरिमामय जीवन जीने के साधन उपलब्ध कराना है हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को सेवा का माध्यम मानती है

हर उस व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए जिसके सर पर छत नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सबके लिए रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुनिश्वित करने के लिए तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करने के लिए विधेयक लाया गया है श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना शुरू होने के बाद पन्दह बीस दिन के भीतर ही पचास हजार से अधिक लोगों को इस योजना का लाम मिला है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कमजोर वर्गों की आवाज का काम किया है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है श्री मोदी ने इस अक्सर पर एक डाक टिकट और विशेष डाक लिफाफा भी जारी किया उन्होंने एन एच आर सी वेबसाइट के नए संस्करण का शुभारम भी किया

रिपोर्ट करें उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें हर संगव सहायता देगी

प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्वालु मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मांक्रमण्डा की पूजा अर्चना कर रहे हैं